इस विधेयक में जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करके दो केन्द्रशासित प्रदेश बनाने का प्रावधान है जिनमें से जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला केन्द्र शासित प्रदेश होगा जबकि लद्दाख की कोई विधानसभा नहीं होगी राज्यसभा कल ही इस विधेयक और प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी है बहस में भाग लेते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसके दायरे में वो इलाका भी शामिल है जो पाकिस्तान के कब्जे में है उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव और विधेयक से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि जम्मू कश्मीर हमेशा भारत का अभिन्न अंग बना रहे प्रस्ताव और विधेयक सदन में पेश करते समय गृहमंत्री की विपक्षी सदस्यों के साथ तीखी नोकझोंक हुई कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कश्मीर मामला संयुक्त राष्ट्र में लंबित है इसलिए यह अंदरूनी मसला कैसे हो सकता है इस पर शाह ने चुनौती दी कि अगर सरकार ने कोई नियम तोड़ा हो तो बताएं बहस में भाग लेते हुए कांग्रेस के मनीष तिवारी ने भी इसके लिए सरकार की आलोचना की

इसमें विधायकों के लिये लेपटॉप खरीदी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई वहीं स्वास्थ्य विभाग से सेवा निवृत्त हये विशेषज्ञों और चिकित्सकों को संविदा नियुक्ति पर रखने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिली इसके अलावा बैठक में छिंदवाड़ा में उद्यानिकी महाविद्यालय के स्थापना को भी मंजूरी दी गई बैठक में मुख्यमंत्री के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ और राजेन्द्र मिगलानी के कार्यकाल को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को ही मंजूर किया गया क्रमिमुक्ति दिवस प्रशिक्षण आगामी आठ अगस्त को मनाये जाने वाले राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस के लिये कल आगरमालवा में शासकीय अषासकीय विद्यालयों के नोडल षिक्षको को एक दिवसीय प्रषिक्षण दिया गया

प्रोमो प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अविस्मर्णीय वीर गाथाओं पर आधारित खास श्रृंखला जरा याद करो कुर्बानी में आज शाम सुनिये रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य की कहानी कल से शुरू हुई इस श्रृंखला के जरिये हम आज़ादी की लड़ाई में जन नायकों के योगदान को याद करेंगे साथ ही बहादुरी के कई जाने अनजाने किस्सों से भी रूबरू होंगे मौसम प्रदेश के ज्यादातर जिलों लगातार बारिश का दौर जारी है राजधानी भोपाल में आज सुबह हुई झमाझम बारिश से लोगों को उमस से राहत मिली है